केन्द्रीय य्वा मामले एवं खेल मंत्रालय ने पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक सहित दिश के पांच विश्वविद्यालयों या मेडीकल कोलज में खेल चिकित्सा का केन्द्र खोलने के लिए च्ना है विभाग को आगामी पांच वर्षो के लिए क्ल बारह करोड़ पाच लाख रूपये की राशि दी जायेगी हरियाणा के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि सम्बध में विश्वविद्याय एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये उन्होंने बताया कि केन्द्रीय खेल मंत्रालय ने देश के उत्कृष्ट पांच विश्वविद्यालयों का चयन किया है जिनमें रोहतक विश्वविद्याय का नाम शामिल है इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में खेल चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना है

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य भैंस की विश्व प्रख्यात नस्ल मुरराह का गौरवान्वित भंडार है

इस केन्द्र में भैंस की मुरराह नस्ल के विकास के साथ साथ् महिलाओं बेरोजगारों य्वाओं और किसानों को स्व रोजगार के लिए डेयरी और डेयरी फार्मिंग सम्बधी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जायेगा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि नई खोज यानि इनोवेशन भारत को एक बेहतर और सहयोगी समाज बना सकती सकती है

इस अवसर पर श्री कोविंद ने गांधी य्वा तकनीकी खोज प्रस्कार भी वितरित किए

गौरतब है कि इस पर लगभग चार करोड़ चावालिस लाख रूपये की लागत आयेगी इन यंत्रों से राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत सभी लाभार्थियों जैसे गर्भवती महिलाएं स्तानपान कराने वाली मातांए नवजात शिश्ओं और छ साल तक के बच्चों के कद और वज़न का स्टीक रिकार्ड स्निश्चित करने में मदद मिलेगी

सर्वोच्च न्यायालय ने ज्नैद खान के पिता द्वारा उनके बेटे की हत्या की सीबीआई की जांचको लेकर दायर याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी है जुनैद की बल्लभगढ़ के पास लोकल रेलगाड़ी में हत्या की गई थी हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी कल हरियाणा राजभवन में खेलों इंडिया स्कूल खेलों के पदक विजेता खिलाडिय़ों को सम्मानित करेंगे म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल समारोह की अध्यक्षता करेंगे तथा शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा भी इस अवसर पर विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल द्वारा जिन खिलाडिय़ों को प्रस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा उनमें हॉकी बॉस्केटबॉल कबड्डी फ्टबॉल तीरंदाजी बैडमेंटन बॉक्सिंग और ज्डो खिलाड़ी शामिल है पंचकूला विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञान चंद ग्प्ता आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्री माता मनसा देवी मंदिर में अपनी धर्मपत्नी के साथ माता मनसा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की इसके बाद मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में पूजा अर्चना कर हवन में आहतियां डाली उन्होंने नववर्ष के चैत्र नवरात्रों पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि श्रद्वालुओंमाता मनसा देवी के प्रति अट्ट श्रदवा है और देश के कौने कौने से लोग माता के दर्शन करने आते है

आकाशावाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताकि दविभार्षीय फोन इन कार्यक्रम में आज राज तपेदिक के बारे में जानकारी और उपचार विषय पर चर्चा पेश करेगा ये कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर राज साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा